भाहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि केंद्र सरकार के द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को शहरी विकास निदेशालय प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर निकायों में लागू करने जा रहा है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

इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा उन्होंने अधिकारियों से मकानों का निर्माण समय पर पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों को वितरण करने को भी कहा है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने ने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उन टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है

कोरोना वैक्सीनेशन हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया है कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन के तहत प्रथम चरण में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी क्म को देखते हुए अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोगों का भी जल्द टीकाकरण किया जाना आवश्यक है और उसी के अनुरूप व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में टीकाकरण के सभी मानको का पालन करते हुए टीका लगाया जा रहा है और यह पूरी तरह सुरक्षित है इसके साथ ही उन्होंने यहां चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के परिणामों पर भी संतोष जताया राज्यपाल भ्रमण राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि अब भारत के लोग अपने ही देश में पैदा किये गये विदेशी फलों को खाने का आनन्द ले सकते है

उन्होंने कहा कि यहां अमेरिकन आस्ट्रेलियन और स्कॉटलैड सहित विभिन्न देशों में पायी जाने वाली सेब प्रजातियों के पेड़ लगाये जा रहे है राज्यपाल ने कहा कि इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना साकार होगा उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में यह गार्डन अधिक से उन्नत किस्म के फलो का उत्पादन के साथ ही अधिक से अधिक लोगों स्वरोगार भी मुहैया करायेगा मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि ऊधमसिंह नगर स्थित सितारगंज चीनी मिल को आगामी पेराई सत्र से शुरू करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाए इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री में परेशानी नहीं होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा यह बात आज सितारगंज चीनी मिल के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आगामी पेराई सत्र तक यह चीनी मिल दुबारा शुरू करने के लिए जल्द ही पूरी कार्य योजना बनाई जाए इसके साथ ही उन्होंने यहां निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर टेक्निकल टीम और विशेषज्ञों की राय लेने की बात कही है ट्यूलिप शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि केंद्र सरकार के द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को शहरी विकास निदेशालय प्रदेश के सभी आठ नगर निगम और सभी नगर निकायों में लागू करने जा रहा है उन्होंने रूद्रपुर में बताया कि इस योजना में स्नातक करने के बाद नगर निगम या नगर पालिका में तीन महीने की इंटर्नशिप का युवाओं को मौका मिलेगा

उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव मिलेगा मदन कौशिक बैठक इस बीच श्री कौशिक ने ऊधमसिंह नगर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यो को लेकर समीक्षा की बैठक के बाद जिला प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले के आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से एसओपी या आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है

मुख्यमंत्री ने राज्य के सुदुरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के नगर निकायों के लिए यह धनराशि जारी की है मौसम राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में विशेषकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में आज मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है मौसम विभाग ने यातायात के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में आज बादल छाये रहे और पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह से ही तेज हवाओं के चलने से मौसम में ठंडक की बढोत्तरी हयी है बुर्ड प्लू हरिद्वार जिले में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और उसकी रोकथाम के लिए त्वरित कार्यवाही बल का गठन किया गया है जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि रोशनाबाद क्षेत्र में कुछ पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद से ही यहां बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं इसके साथ ही जलाशयों व नदी क्षेत्र के किनारों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए है पोल्ट्री फार्म और मांस बिक्री केंद्रों पर भी सघन चेकिंग और जांच अभियान चलाया जा रहा है लोगों की आजीविका से जुड़े मामले को देखते हुए चिकन व अन्य मांसाहारी पदार्थो की बिक्री के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है